श्री मोदी ने बेहतर भविष्य के लिए नवाचार पर दिया बल

केन्द्र ने कहा परीक्षार्थियों के साथ नहीं होने दिया जाएगा कोई अन्याय

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कहरवाद को केवल एकजुटता से ही समाप्त किया जा सकता है श्री मोदी आज कर्नाटक के तुमाकुरु में वीडिया कांफ्रेंसिंग के जरिए युवाओं के सम्मेलन युवा शक्तिनये भारत की परिकल्पना को संबोधित कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि तीन पूर्वोत्तर राज्यों के चुनावी नतीजों से यह बात स्पष्ट हो गया है कि नागरिकों ने देश में बांटने वाली राजनीति को नकार दिया है

उन्होंने कहा कि युवा शक्ति देश की किस्मत बदल सकती है

श्री मोदी ने कहा कि युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्टार्ट अप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया योजनाएं शुरू कीं उन्होंने कहा कि देश के युवाओं में विचारों की कमी नहीं है और नवाचार बेहतर भविष्य का आधार है कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की परीक्षा में कथित धांधली की जांच सीबीआई करेगी गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि छात्रहित में सरकार ने यह फैसला किया है इधर एसएससी के चेयरमैन असीम खुराना ने कहा कि आयोग पूरे मामले की सीबीआई जांच के लिए तैयार है और जल्द ही इस संबंध में प्रस्ताव भेजा जाएगा इससे पूर्व आज भाजपा सांसद मनोज तिवारी के नेतृत्व में परीक्षार्थियों के एक शिष्ट मंडल ने केन्द्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की थी एसएससी की परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले को लेकर हज़ारों उम्मीदवार देशभर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे इधर जन अधिकार पार्टी के बैनर तले प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में एसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर आज पार्टी कार्यकर्ताओं और छात्रों ने सड़क और रेल यातायात को बाधित कर दिया गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन कर जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव से इस संबंध में बातचीत कर उन्हें कहा कि छात्रों के हितों के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने आज कहा कि उनकी पार्टी का राजद के साथ गठबंधन करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है आज पटना में जिलाध्यक्षों और पार्टी नेताओं की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री कुशवाहा ने कहा कि मीडिया का एक वर्ग बिना किसी आधार के ऐसी बातों को हवा दे रहा है हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के एनडीए से अलग होने पर श्री कुशवाहा ने कहा कि जब कोई सदस्य घर छोड़ कर जाता है तो उसकी कमी खलती है उन्होंने दावा किया कि अररिया लोकसभा और जहानाबाद तथा भभुआ विधानसभा उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवारों की जीत होगी हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी द्वारा महागठबंधन में शामिल होने के फैसले से नाराज चल रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेन्द्र सिंह ने पार्टी पर अपना दावा ठोक दिया है श्री सिंह ने आज पटना में अपने आवास पर नाराज चल रहे पार्टी नेताओं की एक बैठक बुलायी बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि उनके नेतृत्व वाला गुट ही असली हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा है और वे पंद्रह दिन के अंदर पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक पार्टी पदाधिकारियों का नये सिरे से चुनाव करेंगे उन्होंने आरोप लगाया कि श्री मांझी ने पैसे और पद के लालच में महागठबंधन से हाथ मिलाया है श्री सिंह ने कहा कि महागठबंधन में शामिल होने से पहले श्री मांझी ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ कोई बातचीत नहीं की उन्होंने कहा कि पार्टी के अधिकतर नेता एनडीए के साथ रहना चाहते हैं इधर हम के प्रवक्ता दानिश रिज़वान ने कहा है कि नरेन्द्र सिंह पार्टी के सदस्य ही नहीं हैं इसलिए उनका पार्टी पर दावा पूरी तरह निराधार है दिल्ली की एक अदालत ने लालू प्रसाद की पुत्री सांसद मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार को मनी लॉड्रिंग के एक मामले मे पांच मार्च को हाजिर होने का निर्देश दिया है अदालत ने प्रर्वतन निदेशालय द्वारा दायर चार्जशीट के बाद यह आदेश दिया यदि मीसा भारती इस तारीख को अदालत में पेश नहीं होती हैं तो उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा निदेशालय आठ हजार करोड़ रुपये के धन शोधन के मामले में मीसा भारती समेत अन्य के खिलाफ आपराधिक जांच कर रहा है इस मामले में मीसा भारती दिल्ली स्थित कई अचल संपत्तियों को जांच एजेंसी कुर्क कर चुका है राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर किसानों की हालत में सुधार के लिए व्यापक प्रयास करना चाहिए श्री मलिक आज चम्पारण एग्रेरियन बिल के शताब्दी समारोह पर विधान परिषद् सभागार में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि बाज़ार के दबाव में किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है जिसका सीधा असर उनकी आर्थिक स्थिति पर होता है राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि तीसरे कृषि रोड मैप से प्रदेश में किसानों की हालत में आमूल परिवर्तन होगा समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार के प्रयासों से प्रदेश में अब बटाईदारी प्रथा खत्म हो रही है

श्री कुमार ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा कल से शुरू हो रही है इसके लिए बिहार और झारखंड में पांच सौ से अधिक परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं दोनों पाठ्यक्रमों को मिलाकर सत्तर हजार से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होगें कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये हैं सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक केके चौधरी ने बताया कि गम्भीर रूप से बीमार और दुर्घटना के शिकार परीक्षार्थियों को विशेष सुविधा दी जायेगी इसकी जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्र के प्राचार्यो को दी गयी है मधुमेह से पीड़ित विद्यार्थियों को परीक्षा केन्द्र में खाद्य सामग्री ले जाने की अनुमति होगी बोर्ड ने बताया कि कम्प्यूटर अध्यापक द्वारा परीक्षा केन्द्र पर लेपटॉप की जांच करने के बाद विद्यार्थियों को लिखने के लिए विशेष जरूरत पर लैपटॉप का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी लेकिन इसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा मौसम विभाग ने मार्च से मई महीने के बीच में राज्य में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने का अनुमान जताया है विभाग ने कहा है कि इस दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से कम से कम एक डिग्री सेल्सियस अधिक रहेगा

दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश को सीधे रेल सेवा से जोड़ने की शुरुआत हो गई है पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कटिहार बरौनी हाजीपुर गोरखपुर लखनऊ के रास्ते अरुणाचल प्रदेश और दिल्ली के बीच स्पेशल एसी एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन का निर्णय लिया गया है पहली मार्च को प्रायोगिक तौर पर इस ट्रेन का परिचालन किया गया

पूर्वी चंपारण जिले के मध्रबन थाना क्षेत्र के सरैया में अवैध शराब और ताड़ी बिक्री के अड्डे को ध्वस्त करने गयी पूलिस पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया हमलावरों ने पूलिस जीप पर जमकर रोड़ेबाजी की और हथियार छीनने का प्रयास किया इस हमले में एक दारोगा समेत दो पूलिसकर्मी घायल हो गये इधर सीतामढ़ी जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमारी कर लगभग ढ़ाई हजार बोतल शराब के साथ बारह तस्करों को गिरफ्तार किया है

वहीं बेगूसराय जिले के तेघरा थाना में पुलिस हिरासत से शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति फरार हो गया है

खगड़िया जिले की त्वरित अदालत के न्यायाधीश अरूण कुमार झा की दरभंगा जिले में सदर थाना क्षेत्र के मुड़िया गांव के पास सड़क हादसे में मौत हो गयी दुर्घटना में तीन अन्य लोग घायल हो गये पुलिस ने बताया कि कार के डिवाइडर से टकरा जाने के कारण यह हादसा हुआ पश्चिम चंपारण जिले के भीतहा प्रखंड के झखनही गांव में अगलगी की घटना में दर्जन भर घर जल कर राख हो गये मुंगेर जिला पुलिस ने ट्रक चुराकर उसे पड़ोसी राज्यों में बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुये दो लोगों को गिरफ्तार किया है

श्री मोदी ने बेहतर भविष्य के लिए नवाचार पर दिया बल

केन्द्र ने कहा परीक्षार्थियों के साथ नहीं होने दिया जाएगा कोई अन्याय